लोकार्पण राजनाथ सिंह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज कैलाश मानसरोवर के लिए सम्पर्क मार्ग का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया यह सम्पर्क मार्ग पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से चीन सीमा पर लिपूलेख को जोड़ेगा जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग से जाना जाता है आपको बता दें कि लम्बे समय से इस सड़क का काम चल रहा था इस सड़क के बनने से व्यास घाटी के लोगों को बहत लाभ मिलेगा मालपा आदि इलाके भी इससे लाभान्वित होंगे घर वापसी राज्य सरकार ने प्रदेश में बाहर से वापस लौट रहे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्कीम लॉन्च की है शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने यह जानकारी दी

उन्होंने बताया कि शराब के विभिन्न ब्रांड में बीस रुपये से लेकर पांच सौ रुपये तक का हेल्थ केयर टैक्स लगाया गया है श्री कौशिक ने बताया कि सरकार ने कोरोना के चलते हए राजस्व न्कसान को देखते हए शराब पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाया है

अब गाड़ी चालक के अलावा दो व्यक्ति हरिदवार में परिजन दिवंगत व्यक्ति की अस्थियों का विसर्जन कर सकेंगे सरकार की तैयारी शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार कोविड सेंटरों को और बेहतर बनाने जा रही है कल हई राज्य कैबिनेट की बैठक में कोरोना वायरस के मद्देनजर सितंबर तक की व्यवस्थाओं पर मुहर लगी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की स्विधाओं को बढ़ाया जा रहा है

आज भी राज्य में कोरोना पॉजिटिव कोई मामला सामने नहीं आया है

आज छह मरीजों को स्वस्थ घोषित कर घर भेजा गया

घर वापसी राज्य में प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है

टिहरी प्रवासी टिहरी जिले में भी प्रवासियों की वापसी लगातार जारी है बाहर से आने वाले सभी लोगों को मुनीकीरेती ऋषिकेश से उनके तहसीलों में भेजा जा रहा है इसमें घनसाली प्रतापनगर कीर्तिनगर देवप्रयाग आदि तहसीलों में बाहर से आ रहे लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है घनसाली तहसील में बाईपास में स्वास्थ्य विभाग की टीम दवारा जांच के उपरांत उन्हें उनके घरों को भैजा जा रहा है देहरादून से आए प्रताप नगर के बनाली निवासी रविंद्र रावत ने बताया कि पहले उनकी मेडिकल जांच रायप्र देहरादून और ऋषिकेश में की गई है उसके उपरांत उन्हें घर भेजा गया वहीं लंबगांव निवासी उषा ने भी सरकार की व्यवस्थाओं को सराहा

इसके बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में विभाजित कर दिया गया था

इसलिए क्षेत्र में घोषित किये गये कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को समाप्त कर दिया गया है हालांकि लॉकडाउन के प्रतिबंध यहां प्रभावी रहेंगे सीबीएसई परीक्षा सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की बची हई परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा कि लंबे समय से इन परीक्षाओं की तिथि का इंतजार था उन्होंने परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विदयार्थियों को श्भकामनाएं दीं विश्व रेडक्रॉस दिवस राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि कोरोना वायरस के वर्तमान संकट काल में रेडक्रॉस की जिम्मेदारी भी बहत बढ़ गई है

उधर चमोली में जिला रेडक्रास सोसायटी की ओर से कोरोना वारियर्स का तालियां बजाकर सम्मान किया गया रेडक्रॉस सोसायटी की अध्यक्षा और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि कोरोना संकट में जिला रेडक्रॉस सोसायटी बेहतर कार्य कर रही है उन्होंने जिला अस्पताल में लगाए गए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में पहंचकर रक्तदान किया